और द्मका जिले में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत देवघर में एक मकान से तीन युवकों का शव बरामद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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के ज़रिये देश को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है

प्रधानमंत्री ने केरल में कोच्चि से कर्नाटक के मंगलूरु तक चार सौ पचास किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करते हुए आज यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से सुधार किए हैं अक्षय ऊर्जा की पहुंच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं तीव्रता से पूरी की है प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इस पाइपलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में यथोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया इधर श्री सोरेन से आज ग्रीस में भारत के राजदूत अमृत लूगुन ने शिष्टाचार मुलाकात की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री लुगुन को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और एक पुस्तक सप्रेम भेंट की गौरतलब है कि श्री लग्न झारखंड के सिमडेगा जिले के हरदा थाना क्षेत्र स्थित मरानी गांव के निवासी हैं

झारखंड की विधानसभा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की सभापति सविता महतो ने आज लोहरदगा में वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली

समिति द्वारा खनन कार्य से उड़ने वाली धूल कण से बचाव तथा खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया और लीज के मापदंड के अनुरूप शर्तों को पूरा कराने का निर्देश दिया गया भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले पार्टी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने आज राजभवन के समक्ष एकदिवसीय धरना दिया

केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियानों की रणनीतिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया श्री विजय कमार ने बाद में मीडिया से कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में और तेजी लायी जाएगी खूंटी प्रखण्ड कार्यालय परिसर में आज समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन अदालत का आयोजन किया गया पेंशन अदालत में खूंटी प्रखण्ड के तहत आने वाले पंचायत और गांवों से बडी संख्या में वृद्ध महिला पुरुष और विकलांग पहचे थे दूर दराज से आये वृद्ध महिला और पुरुषों ने बताया कि कई लोगों का वृद्धा पेंशन पिछले एक वर्ष से बंद है जबकि कई लोगों का विगत तीन चार महीने से बैंक खाता में पेंशन नहीं पहंचा है कई जरूरतमंदों ने पेंशन अदालत में वृद्वा पेंशन के लिए आवश्यक कागजात जमा किया जबकि कई वृद्वों ने बैंक खाता में के वाई सी अपडेट कराया पेंशन अदालत में सभी बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ दिलाने की आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गयी जामताड़ा जिले की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वाबलंबी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ साठ नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पन्द्रह हजार छह सौ नवासी पहंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ बतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छटटी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस पहुंच गई है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेष्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना वायरस संकमण के पार्टी का सदस्यता अभियान पिछले दिनों स्थगित कर देना पड़ा था लेकिन अब इसी महीने फिर से सदस्यता अभियान को गति दी जाएगी डॉक्टर उरांव आज रांची में विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे झारखंड में अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा

दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र में एचपी गैस टैंकर की चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि तीनों मृतक गोड्डा जिले के रहने वाले थे इधर देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के बाघमारा बस स्टैंड के निकट एक घर से पुलिस ने तीन युवकों का शव बरामद किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अध्विनी कमार सिन्हा ने बताया कि मृतकों की पहचान कर ली गयी है और मामले की छानबीन की जा रही है गिरिडीह जिले की पुलिस ने दस साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु को मिली ग्रप्त सूचना पर पुलिस ने बेंगाबाद और पचम्बा तथा बिहार राज्य के चकाई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया

कोडरमा जिले के सतगावां में पुलिस ने एक स्कार्पियों से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया

गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के मेघी पंचायत मे एक जनवरी की रात को हुई महिला ग्राम प्रधान के हत्या के मामले मे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है

जिले के सभी प्रखंडों में वैक्सीनेशन के लिए करीब दस दस वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने वैक्सीनेशन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हए आज यह दिशा निर्देश दिए

इनमें चार वैक्सीनेशन ऑफिसर और एक वैक्सीनेटर होंगे सेंटर पर आने वाले लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करने के बाद कोविन अप्लीकेशन पर उनके रिकॉर्ड की इंट्री की जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले लाभार्थियों की पहचान फोटोयुक्त पहचान पत्र से की जाएगी टीम फॉरमेशन को लेकर सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये